प्रदेश में लॉकडाउन की पालना के लिए प्रशासन द्वारा लगातार विभिन्न प्रयास किए जा रहे है भरतपुर के बयाना में कोरोना संक्रमित मिलने पर कर्फ्यू लगा दिया गया है ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने बीकानेर पहुंचकर वहां आला अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक पी के बेरवाल की जगह डॉ मोहम्मद सलीम को लगाया गया है जिले के ही बज्जू में होम आईसोलेशन से भागे एक युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है राजसमंद में जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की पाली जिले के लापोद कस्बे में संभागीय आयुक्त और आई जी ने दौरा किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया

जालोर जिले में कोरोना संकमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है यहं जिला कलेक्टर ने जिले में बाहर से आने वाले लोगों के बारे में जिला प्रशासन को सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रशासन मित्र के नाम से प्रमाण पत्र देने की पहल की है सवाईमाधोपुर में उचित मूल्य की दो दुकानों पर अनियमितता पाये जाने पर उनके प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए

आज हनुमान जयंती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को शुभकामनाएं दी है उन्होंने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि हनुमान जी के जीवन से लोगों को कठिन समय से पार पाने में मदद मिलेगी उधर लॉकडाउन के चलते इस मौके पर कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं किए जा रहे है लोग घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे है

इस मौके पर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने मौलवी और धर्म गुरूओं और मुसलिम समाज के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की पालना के लिए किसी प्रकार का कोई सामूहिक आयोजन नहीं किया जाए वहीं बीकानेर शहर के काजी हाजी मुश्ताक अहमद ने भी सभी लोगों से गुजारिश की है कि कल सब लोग अपने घरों में ही रहकर शब ए बारात का पर्व मनाये और अल्लाह से दुआं करें कि ये महामारी जल्द ही खत्म हो उन्होंने सरकार प्रशासन पुलिस विभाग और मेडिकल स्टाफ का पूरा सहयोग करने को कहा है गृहमंत्री अमित शाह ने स्थानीय प्रशासन से जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने को कहा है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं की स्थिति और लॉकडाउन उपायों की विस्तृत समीक्षा की है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है गृह विभाग के सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने राज्य सरकार पर राशन के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है आज एक बयान जारी कर श्री प्रनिया ने कहा कि संकट के इस समय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर सख्त कदम नहीं उठाने के कारण कोरोना वायरस का प्रसार समुदाय में भी होने लगा है